मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला में केन्द्रीय परियोजनाओं की एक समीक्षा बैठक में आज ये बात कही उन्होंने कहा कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए भूमि चिन्हित कर ली गई है और विश्वविद्यालय परिसर के पक्ष में वन भूमि को हस्तांतरित करने का मामला वन स्वीकृति के लिए भारत सरकार को सौंपा गया है

जयराम ठाकुर ने कहा कि वे इस मामले को केन्द्र सरकार के समक्ष उठाएंगे ताकि इस महत्वकांक्षी परियोजना का कार्य जल्द पूरा किया जा सके उन्होंने कहा कि वन स्वीकृति में तेजी लाने के लिए एक कमेटी का गठन भी किया गया है

मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में जल्द उचित कदम उठाने के निर्देश दिए मुख्य सचिव विनीत चौधरी और अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीकांत बाल्दी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में मौजूद रहे राज्यपाल राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने वन विभाग और राज्य रैडक्रॉस सोसायटी शिमला के संयुक्त तत्वावधान में आज शिमला के समीप धामी के गनेवग में वन महोत्सव के तहत पौधरोपण अभियान का श्भारम्भ किया

राज्यपाल और लेडी गर्वनर दर्शना देवी ने भी देवदार के पौधे रोपित किए इस मौके उन्होंने कहा कि वृक्ष प्रकृति का वरदान है जिनका संरक्षण किया जाना जरूरी है राज्यपाल ने वन क्षेत्र कम होने पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इससे पर्यावरण को खतरा पैदा हो गया है और वनों के बिना मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती आचार्य देवव्रत ने लोगों से पौधरोपण को जीवन का हिस्सा बनाने का आहवान किया वन विभाग के प्रधान मुख्य अरण्यपाल एसके शर्मा ने विभाग द्वारा हरित आवरण बढ़ाने के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी दी सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय ने ऑनलाइन डाटा की निगरानी रखने के लिए सोशल मीडिया संचार हब बनाने के केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है शीर्ष न्यायालय ने कहा कि केन्द्र सरकार लोगों के व्हाट्सअप संदेशों की जानकारी इकहा करना चाहती है न्यायालय ने इस मामले में में सरकार से दो सप्ताह में जवाब मांगा है प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और डीवाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने एक याचिका पर ये नोटिस जारी किया है

वनमंत्री गोविंद ठाकुर ने कुल्लू के बस्तोरी गांव में आज देवदार का पौधा रोपित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि वन विभाग ने एक प्लांटेशन मॉनिटरिंग कमेटी भी बनाई है जिससे सरकार को प्रत्येक सर्किल और डिविजन की रिपोर्ट मिल रही है गोविंद ठाकुर ने कहा कि शिक्षण संस्थानों और धार्मिक स्थलों के साथ लगती खाली जमीन पर भी पौधे रोपित किए जाएंगे वनमंत्री ने लोगों से अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ लगाने की अपील भी की इसके बाद गोविंद ठाकुर ने कुल्लू से सारी गांव तक चलने वाली बस को झण्डी दिखाकर रवाना किया

इस दौरान विभिन्न विभागों के कर्मचारियों और वाहन चालकों को आपदा से निपटने के लिए किए जाने वाले प्रबंधों के बारे में जानकारी दी गई शिविर की अध्यक्षता करते हुए कार्यकारी उपायुक्त अमर नेगी ने बताया कि आपदा से निपटने के लिए एक शून्य सात सात नम्बर पर फोन किया जा सकता है उन्होंने कहा कि किसी भी आपदा से निपटने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों का जागरूक होना बेहद जरूरी है जिला आपदा प्रबंधन के समन्वयक प्रशांत सिंह ने बताया कि जिले में भूमि कटान सड़क दुर्घटना और हिमखण्ड खिस्कने जैसी विभिन्न प्रकार की आपदाओं की सम्भावना अधिक रहती है ऐसे में लोगों को जागरूक करने के लिए समय समय पर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाता है प्रशिक्षण कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय महिला कौशल प्रशिक्षण संस्थान शामलाघाट में फूड प्रोडक्शन फूड एवं बीवरेज़िज सर्विसिज एसिस्टेंट और आर्किटैक्चरल ड्राफ्समैन की खाली सीटों में प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं